केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पारी में और लोकसभा की शाम पारी में होगी

कोरोना संक्रमण प्रकोप के बाद आज सदन की पहली बार बैठक हई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने दविंगत नेताओं और राष्ट्र की रक्षा में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्वांजलि दी श्री बिड़ला ने चिकित्सकों नर्सों स्वच्छता कर्मचारियों पुलिस कर्मियों और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं जैसे उन कोरोना योद्वाओं को भी याद किया जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपने प्राण गवां दिए

आज सदन में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कीमतों के निर्धारण और कृषि कार्य पर किसानों की सहमति से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया गया

सभापति एम वेंकैया नायड ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार श्री सिंह के चयन की घोषणा की इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया विपक्ष की ओर से इस पद के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह के उपसभापति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया की पहले ज्यादा रोगी बिना लक्षण वाले आमने आ रहे थे लेकिन अब लक्षण वाले कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उन्होंने कहा कि खांसी जुकाम और बुखार लक्षण वाले लोगों को अपनी जांच करानी चाहिए

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघ शर्मा ने बताया कि इस केन्द्र में मरीज को एक ही छत के नीचे परामर्श और जांच से लेकर ऑपरेशन सहित अन्य सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकेंगी चिकित्सा मंत्री ने आज स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल और स्मार्ट सिटी परियोजना के चेयरमेन भवानी सिंह देथा के साथ सवाई मानसिंह अस्पताल का दौरा किया

आज पोषण माह के औपचारिक उद्घाटन के मौके पर महिला और बाले विकास मंत्री राज्यमंत्री ने बताया कि राज्य में विभाग द्वारा बालकों किशोरी बालिकाओं और महिलाओं को शारीरिक तथा मानसिक रूप से सबल बनाने और कुपोषण को दूर करने के लिए एक नया जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी अभियान के माध्यम से सरकार क्पोषण के खिलाफ लड़ाई में राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करना चाहती है पोषण अभियान के तहत आज टोंक के चान्दसेन गांव में पोषण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र और कच्ची बस्तियों में गर्भवती और धात्री महिलाओं किशोरियों को संतुलित पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरुक किया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टवीट कर हिन्दी के विकास में योगदान करने वाले सभी भाषाविदों को बधाई दी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 राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी है कोविड महामारी के कारण इस साल हिन्दी दिवस का समारोह आयोजित नहीं किया जा रहा है बीकानेर में स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हिन्दी सप्ताह समारोह ई संगोष्ठी के साथ शुरू हुआ श्रीगंगानगर में विभिन्न संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित कर हिन्दी को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया राजसमंद में नाथद्वारा स्थित साहित्य मंडल सभागार में हिन्दी लाओ देश बचाओ समारोह आयोजित किया गया भरतपुर में हिंदी शिक्षण संस्थान की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला गया

एक टवीट में श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेजने को कहा है

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

मृतकों में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देहात सहीराम दुसाद शामिल हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दुसाद के निधन पर शोक जताया है